कोन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बचाव के लिये नियमों का पालन करने का किया आग्रह

मुख्यमंत्री कैबिनेट प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अस्पताल से राज्य की पहली आभासी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की

केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री और दमोह के सांसद प्रहलाद पटेल ने नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की है

राजधानी में आज लॉकडाउन का चौथा दिन है शहर में अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े स्थानों छोड़कर अन्य लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है पुलिस के ढ़ाई हजार से अधिक जवान शहर के विभिन्न मार्गो पर तैनात हैं

कलेक्टर भरत यादव ने आम जनता से आग्रह किया है कि इस बार ईद और रक्षाबंधन घर में ही रहकर मनाए

जिले के हाटपिपल्या सोनकक्ष टोंकखुर्द कन्नौज और खातेगांव अनुभाग के गांवों में भी संकमण फैला है

विश्व बाघ दिवस बाघों की संख्या की दृष्टि से भारत का पहले स्थान पर होना इस बात का सूचक है कि यहां इनके संरक्षण के कारगर प्रयास किए गए हैं

इस अवसर पर पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्डस ने भारत में बाघों की संख्या में बढोतरी की बात स्वीकार की है जो हमारे लिए गर्व का विषय है

पुलिस आवास परिसर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कर्मचारियों के लिये बहुमंजिला आवासीय परिसरों के निर्माण की कार्ययोजना को शीघ्र प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर छोटे जिलों में भी सर्वसुविधायुक्त आवासीय परिसरों का निर्माण करेगी कुपोषित बच्चे महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने चिन्हित कुपोषित बच्चों को उनके घर पर ही दवाईयां पोषण आहार और उपचार उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण अभिभावक अपने बच्चों को पोषण पुर्नवास केन्द्र ले जाने में डर रहे हैं इसलिये चिन्हित कुपोषित बच्चों को जरूरी दवाईयां और पोषण आहर उन्हें घर पर ही उपलब्ध कराया जाए